उदयपुर जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए क्वारेंटीन शिविरों में सिलाई मशीनों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है

उदयपुर में राज्य के आयुर्वेद विभाग की ओर से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से काढ़े के पैकेट तैयार कर लोगों में बांटे जा रहे हैं

करौली में जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में आज सभी चिकित्साकर्मियों को गुलाब का फूल देकर उनकी हौंसलाअफजाई की गई वहीं सवाईमाधोपुर जिले में भी अनेक स्थानों पर ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का अभिनंदन किया बौली कस्बे में पुलिस के जवानों ने फ़लैग मार्च भी किया श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड भवन बना दिया गया है अस्पताल में आ रहे अन्य मरीजों को परेशानी न हों इसके लिए नये एमसीएच भवन में ओपीडी की व्यवस्था शुरू की गयी है

श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिभावकों को संदेश भेजकर फीस जमा करवाने के लिए दबाव बनाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इन संस्थाओं के संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है इधर टोंक से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कुछ संकमित इलाकों में सर्वे करने गयी चिकित्सा और पुलिस विभाग की टीमों का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं

टोंक में तेरह जयपुर और कोटा में छह नागौर में दो अजमेर झुंझुनू और झालावाड़ में एक एक संक्रमित व्यक्ति मिले है चार मामले ईरान से लाए गए लोगों में मिले हैं जयपुर में संक्रमितों की संख्या बढकर चार सौ बानवें हो गई है इधर प्रदेश के ज्यादा संकमण वाले जिलों में शामिल भरतपुर में प्रशासन और सतर्क हो गया है

उन्होंने आज एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने क्लस्टर को पहचान कर उनको अलग करने और जनता की जान बचाने के लिए जांच ज्यादा जरूरी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि यदि उत्तरप्रदेश की तरह अन्य राज्य भी विद्यार्थियों को वापस बुलाना चाहते हैं तो उनके आग्रह पर विद्यार्थियों को वापस भेजा जा सकता है

श्री पूनिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से बात कर इस मामले में उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रभाव बढेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों अति लघु लघु तथा मध्यम उद्योगों किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी

इससे पहले आज भारतीय रिजर्व बैंक ने रूपए में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच कई नियामक उपायों की घोषणा की बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रैपोरेट को चार प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत करने की घोषणा की रैपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्होंने लॉकडाउन के कारण हए नुकसान से उबरने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पचास हजार करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की बैंकों के फंसे कर्जो के लिए समाधान योजना की अवधि नब्बे दिन तक बढा दी जाएगी उन्होंने बताया कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता बनाए रखने में मदद मिलेगी बैंक ऋण सुविधा बढेगी

प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी इन दिनों फायदा मिल रहा है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टवीट कर उन्हें श्रद्वांजलि दी और कहा कि दार्शनिक और शिक्षाविद के तौर पर किए गए डॉ राधाकृष्णन के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा